प्रदेश में सिकलसेल की जांच के लिए महाअभियान चलाया गया पांच लाख लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करने का रखा गया था लक्ष्य प्रदेश की सूखा प्रभावित छियानवे तहसीलों के अट्ठाईस हजार से अधिक स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों में भी मिलेगा मध्यान्ह भोजन

विश्व वानिकी दिवस प्रदेश सरकार ने प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का मासिक मानदेय बारह हजार से बढ़ाकर पंद्रह हजार रूपए कर दिया है इसी साल अप्रैल से उन्हें बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा करीब नौ सौ पंद्रह प्रबंधकों को इसका लाभ मिलेगा साथ ही सरकार ने दस हजार तेंद्रपत्ता फड़ मुशियों को निःशुल्क साइकिल देने का फैसला भी लिया है मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आज रायपुर में विश्व वानिकी दिवस पर आयोजित एक कार्यशाला में यह घोषणा की सतत् जीविकोपार्जन का आधार वनोपज व्यापार विषय पर आधारित इस कार्यशाला में छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न जिलों में काम कर रही वन प्रबंधन समितियों और वनोपज सहकारी समितियों के लगभग डेढ़ हजार प्रतिनिधि शामिल हुए कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सामाजिक वानिकी संबंधी प्रयोग काफी सफल हुए हैं ये हरियाली के साथ साथ इसके आस पास रहने वाले ग्रामीणों की आमदनी का अच्छा जरिया भी बने हैं इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वनों के सुधार और संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कटघोरा वन मंडल के जिला यूनियन के साथ ही जगदलपुर केशकाल और सुरजपुर वन मंडल के जिला यूनियन को उत्कृष्टता सम्मान प्रदान किए कार्यशाला में पर्यावरण विशेषज्ञ पद्मभूषण अलंकरण और मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित चण्डीप्रसाद भट्ट ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अभी भी गांवों के आस पास लगभग बारह प्रतिशत खुला स्थान है इनका उपयोग ग्राम वन विकसित करने पर किया जाना चाहिए

स्वास्थ्य विभाग द्वारा पांच लाख लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करने का लक्ष्य रखा गया था इस अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं के अलावा तीन से अट्ठारह वर्ष तक के बच्चों में सिकलसेल की जांच की गई इसके लिए सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों आंगनबाड़ी केन्द्रों में जांच की व्यवस्था की गई थी इस अभियान का उद्देश्य गोल्डन ब्रक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराना था

उन्होंने इस मौके पर कहा कि इसका उद्देश्य लोगों में जागरूकता लाना है ताकि पीड़ित लोग सही तरीके से इस बीमारी का इलाज करा सकें स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव सुब्रत साहू ने इस मौके पर कहा कि सिकलसेल महाभियान केवल रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं है बल्कि जनजागरूकता के लिए आयोजित किया जा रहा है मध्यान्ह भोजन राज्य सरकार ने प्रदेश की सूखा प्रभावित छियानवे तहसीलों के अट्टाइस हजार से अधिक स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों में भी मध्यान्ह भोजन देने का फैसला लिया है मुख्य सचिव अजय सिंह की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग सह संचालन समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया यह समिति राज्य के प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में चलाई जा रही मध्यान्ह भोजन योजना के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए गठित की गई है बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जिला स्तर पर मध्यान्ह भोजन योजना की गुणवत्ता में और सुधार लाने स्थानीय स्तर पर विभिन्न निधियों का उपयोग करने के लिए जिला कलेक्टर को निर्देश दिए जाएंगे राज्य में इस समय चवालिस हजार से अधिक प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में मध्यान्ह भोजन का संचालन किया जा रहा है बैठक में इस वित्तीय वर्ष के लिए करीब छह सौ सैंतालीस करोड़ इकयासी लाख रूपए की वार्षिक कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है इसके अलावा बैठक में मुख्यमंत्री अमृत योजना का विस्तार राज्य के अन्य जिलों में किए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई फिलहाल यह योजना पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में कबीरधाम और बस्तर में चलाई जा रही है

रेरा के सदस्य एनके असवाल मंत्रालय में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्देश दिए उन्होंने कहा ने कि यदि बैंकों द्वारा ऐसे बिल्डरों को पूर्व में ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं जिनका रेरा के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं हआ है तो सभी बैंक ऐसे सभी प्रकरणों में एक माह के भीतर रेरा में पंजीकरण करवाए जाने की सुचना जारी कर दें

इसके लिए केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा जाएगा मुख्य सचिव अजय सिंह की अध्यक्षता में मंत्रालय में छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई की शासी समिति की बैठक में यह जानकारी दी गई मुख्य सचिव ने पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद इस संबंध में एक प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे जाने के निर्देश दिए बैठक में इस वित्तीय वर्ष के लिए करीब साढ़े उन्नीस करोड़ रूपए की कार्ययोजना का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे जाने का निर्णय लिया गया दिव्यांग आरक्षण कोटा संशोधन केंद्र सरकार ने स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए दिव्यांगों का आरक्षण कोटा बढ़ाने के लिए नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम दो हजार सोलह के तहत दिव्यांगों द्वारा भरने वाली सीटों का प्रतिशत तीन से बढ़ाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास द्र ष्टिकोण के अनुरूप दिव्यांगों के कल्याण के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिया है दुर्घटना राजनांदगांव जिले में बीती रात लकड़ी से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली के पलट जाने से चार लोगों की मौत हो गई वहीं तीन अन्य लोग घायल हो गए जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है घायलों को राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल कराया गया है यह हादसा उस वक्त हआ जब चिरमिरा बागननगी थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल सवार को बचाने के प्रयास में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया जिससे ट्रैक्टर की ट्राली में सवार सात लोग लकड़ी के नीचे दब गए इनमें से चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई नेहरू कप हॉकी रायपुर में आगामी अट्ठाईस मार्च से ऑल इंडिया नेहरू गोल्ड कप हॉकी ट्र्नामेंट का रोमांच शुरू होने जा रहा है सात अप्रैल तक चलने वाले इस टूर्नामेंट के सभी मुकाबले सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में होंगे इस बार कई मुकाबले फ्लड लाईट में खेले जाएंगे इस टूर्नामेंट में पुरुषों की चौबीस और महिलाओं की छह टीमें अपना दमखम दिखाएंगी पुरुषों की टीम के पहले दो राउंड नॉकआउट आधार पर होंगे इसके बाद छह टीमों के बीच लीग मुकाबले होंगे वहीं महिला टीमों के बीच केवल लीग मुकाबले होंगे टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ के अलावा रेलवे नागपुर पंजाब पुलिस इंडियन नेवी साई हॉस्टल महाराष्ट्र सुंदरगढ़ सहित कई नामी टीमें हिस्सा ले रही हैं ट्र्नामेंट का खिताब जीतने वाली पुरुषों की टीम को इनाम के तौर पर एक लाख रुपए और उपविजेता टीम को इंक्यावन हजार रुपए दिए जाएंगे वहीं महिलाओं की विजेता टीम को पुरस्कार के रूप में इंक्यावन हजार रुपए और उपविजेता टीम को इक्कीस हजार रुपए मिलेंगे संक्षिप्त समाचार मुख्यमंत्री के रायपुर स्थित निवास में कल बाईस मार्च को जनदर्शन कार्यक्रम नहीं होगा मुख्यमंत्री लोक सुराज अभियान के तहत कल धमतरी और बालोद जिले के प्रवास पर रहेंगे जांजगीर चांपा जिले के सारागांव नगर पंचायत में उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है दर्ग में बॉक्सिंग की राष्ट्रीय खिलाड़ी के साथ द्राचार करने के आरोप में सीआरपीएफ के सफाईकर्मी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है कबीरधाम जिले के किशनगढ़ इलाके में दो वाहनों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई वहीं दो अन्य लोग घायल हो गए हैं

आरोपी दुकान संचालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है